प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी हितों पर हुई बातचीत आतंकवाद के खिलाफ मिलकर करेंगे काम सांची में बनेगा बौद्ध संग्रहालय अध्ययन और प्रशिक्षण केन्द्र

परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत भी इस अवसर पर उपस्थित थे मध्यप्रदेश यूनिफाइड पंजीयन कार्ड और यूनिफाइड लायसेंस एक साथ जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष प्ररे देश में एक समान ड्रायविंग लायसेंस और पंजीयन कार्ड लागू किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे प्रदेश में इसके अनुसार परिवहन विभाग द्वारा अब ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन कार्ड जारी किये जा रहे हैं यह कार्ड पूरे देश में एक रंग एवं समान पेटर्न के होंगे इनमें वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित इमरजेंसी नम्बर आर्गन डोनर क्यूआर कोड विशिष्ट सीरियल नम्बर सहित पूरी जानकारी होगी

इन सीटों पर राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है

उसी दिन शाम को मतगणना होगी स्मारक नईदिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज एक वर्ष पूरा हो गया है पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था

महाराष्ट्र राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज अमरकंटक में नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की इस अवसर पर उन्होंने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर व्यापक बातचीत की एक साझा बयान में दोनों नेताओं ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा निवेश सुरक्षा के साथ ही आतंकवाद से निपटने संबंधी मुद्दों पर यह बातचीत हुई

बौद्ध संग्रहालय जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार महाबोधि सोसायटी के साथ मिलकर सांची में बौद्ध संग्रहालय अध्ययन और प्रशिक्षक केन्द्र स्थापित करेगी उन्होंने इस संबंध में पिछले दिनों अपनी लंका यात्रा के दौरान श्रीलंका सरकार से भी इस संबंध में विस्तृत चर्चा की है श्री शर्मा ने भोपाल में बुद्विस्ट सोसायटी के कार्यक्रम में कहा कि सांची ऐसा बौद्ध केन्द्र है जहां भगवान बुद्ध के संदेश और शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है उन्होंने बताया कि सांची को दनिया के अन्य देशों व अन्य नगरों से जोड़ने के लिये भोपाल कोलंबो के बीच सीधी वायुसेवा भी शुरू की जाएगी मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिये तैयार की जाने वाली सही फोटो युक्त मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव का आधार होगी उन्होंने आज भोपाल में मतदाता सूची से संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यकम में कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे

इस अवसर पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के आदेश दिये